रहे हैं इससे पहले कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बुनियादपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार सत्ता में वापस आती है तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जाएंगे श्री मोदी ने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम जो अध्रा रह गया है उसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा

भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन प्रस्तुत किया इस दौरान उनकी पत्नी अमृता सिंह मंत्री जयवर्द्वन सिंह और विधायक लक्ष्मण सिंह मौजूद थे नामांकन दाखिल करने के बाद श्री सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी कोशिश भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाने की होगी उधर कांग्रेस महासचिव और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी ज्योतिर्रादित्य सिंधिया ने शिवपुरी स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपना नामाकंन पत्र जमा किया उनके साथ पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया भी मौजूद थी विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शैलेन्द्र पटेल ने कल रायसेन जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामाकंन जमा किया

उधर मुरैना में कल कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत सहित चार प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किये

वहीं ग्वालियर में कल ग्वालियर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए पांच प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किये

श्री राव ने बताया कि उन्होंने इस पत्र में संहिता के अनुसार अप्रमाणित आरोप नहीं लगाने व्यक्तिगत लांछन जातिगत वर्गगत या धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक भाषा अथवा शब्दावली का प्रयोग और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या आचरण नहीं करने की अपील की है श्री कांताराव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग उम्मीद करता है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और अभ्यर्थी चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान आचरण के उच्च मानकों का पालन करेंगे जिससे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो सके

वहीं सतना में सभी उम्मीद्वारों के नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान सही पाये गये

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

कान्फ्रेन्स में प्रदेश के सभी संभागायुक्त और कलेक्टर मौजूद थे मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये अपने अपने जिलों में गहन निगरानी रखने के निर्देश दिये

मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्युत आपूर्ति की वजह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं हो उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे इस संबंध में पटवारी ग्राम सचिव कोटवार आदि से लगातार फीडबैक लें उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि विद्युत व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने और विद्युत आपूर्ति में बाधा डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य रूप से श्री करकरे को लेकर दिए गए बयान के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गयी है इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष विकास विरानी को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है वहीं आयोग ने बिहार की एक चुनाव सभा में धार्मिक आधार पर वोट मांगने पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस जारी किया है उन्हें जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया गया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धू ने प्रचार के दौरान राजनीति को धर्म से जोड़कर आदर्श आचार संहिता चुनाव कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है

इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों न कब्रस्तानों और दरगाहों पर जाकर फातिहा पढ़ीं और मस्जिदों में रात भर जागकर इबादत की मस्जिदों और घरों में रात भर नमाज कुरान की तिलावत और दुआ की गई इस दौरान लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी शब ए बारात को मुस्लिम धर्म में फैसलों की रात मानी जाती है मान्यता है कि इसी रात अगले वर्ष के फैसले लिखे जाते हैं

इस अवसर पर आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभायें आयोजित की जा रही हैं इसकी पूर्व संध्या पर कल प्रदेशभर के गिरजाघरों में ईस्टर विजिल या पास्ता जागरण मनाया गया इस दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने हाथों में मोमबत्ती थामकर गिरजाघरों में प्रवेश किया

इसमें होने वाले चारबैत मुकाबले में भोपाल की तीन टीम भाग लेंगी

बाद में डेल्ही कैपिटल्स ने दो गेंद शेष रहते मैच जीत लिया इससे पहले कल एक अन्य मुकाबले में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया प्रतियोगिता में आज सनरॉइजर्स हैदराबाद का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम चार बजे से हैदराबाद में और चैन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चैन्नई सुपर किंग्स से रात आठ बजे होगा

जिसमें तीस हजार से अधिक लोग शामिल हुए

इस दौरान वोट डालने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया